बिलासपुर ज़िले में बरसात के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का केंद्रीय दल ने लिया जायजा

राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में मौजूद प्राकृतिक संपदा को संजोए रखने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत बताई है

इसका उपयोग दमा अलजाईमर कैंसर मानसिक रोग और रक्त संचार के उपचार में किया जाता है राज्यपाल ने वन विभाग से ऐसे दुलर्भ पौधों की प्रजातियों और औषधीय पौधें रोपित करने पर बल दिया इस अवसर पर लेडी गर्वनर सत्यावती मिश्र ने भी जिन्को का पौधा रोपित किया

अपने एक दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप अवार्ड समारोह में उन्होंने उम्मीद जताई कि इस लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई सैक्टर और युवा उद्यमी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवा उद्यमियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने उनकी शिकायतों का अतिशीघ्र निवारण करने के लिए प्रतिबद्व है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों के साथ आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में भूमि चयन के लिए एक शोध समिति और शैक्षणिक समिति गठित की जाएगी उचित स्थान की खोज की जाएगी इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोटमोर में एक निजी समूह द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह की अध्यक्षता भी की विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री रौशनी योजना के तहत नए विद्युत कनैक्शन देने के लिए कोई सर्विस चार्जिज नहीं देने पडेंगे

उन्होंने कहा कि इस वर्ष चार लाख पुराने मीटरों को बदलकर इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गो के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि अधिकांश योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है

बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर और कमलेश कुमारी भी मौजूद रहे गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में वन संपदा और हरित आवरण बढ़ाने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है सुंदरनगर स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान व रेंजर्स कॉलेज के दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में ये बात कही

शिक्षक दिवस कल शिक्षक दिवस है देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महान विद्वान प्रखर राजनीतिविद तथा श्रेष्ठतम शिक्षकों में श्मार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन तथा उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करके शिक्षकगण प्ररी निष्ठा व समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को समर्पित है प्रदेश में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के पीटरहाफ में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस दौरान चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा केंद्रीय दल केंद्र सरकार के सात सदस्यीय अंतरमंत्रालय केंद्रीय दल ने आज बिलासपुर जिले में इस वर्ष बरसात के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की केंद्रीय दल के सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द सहायता देने का आश्वासन दिया

उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कों पुलों विद्युत व पेयजल योजनाओं को सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने प्रदेश में घटते भू जल स्तर के सुधार के लिए वर्षा के पानी के संग्रहण पर बल दिया है धर्मपूर विधानसभा क्षेत्र में करीब साढ़े छः करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के बाद घरसवाड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण से भी जल संकट से बचा जा सकता है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने जल संचय की जरूरत बताते हुए इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जल की हरेक ब्रूंद का संचयन करने के आहवान पर सभी को इसके लिए पूरे समर्पण से कार्य करना चाहिए ताकि ये अभियान सफल हो सके रमेश ध्वाला राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने देहरा क्षेत्र की घुरकाल पंचायत में आज उप स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत घर का लोकार्पण किया

बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लावारिस पशुओं से निजात दिलाने और कृषि को बढ़ावा देने के अलावा किसानों की सहायता के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं रमेश ध्वाला ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का लोगों से आग्रह किया जियालाल प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के पुख्ता प्रबंधों का जायजा लेने के उददेश्य से विधायक जियालाल कपूर ने आज भरमौर में अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा से संबंधित जानकारी ली उन्होंने हडसर पंचायत और गुहीनाला में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व श्रद्वालुओं से यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी ली जियालाल कपूर ने कहा कि हडसर पंचायत के सड़क किनारे वन भूमि पर गैर कानूनी ढंग से बने अवैध भवनों को तुरंत हटाया जाएगा पोषण अभियान देशभर में शिशुओं किशोरियों गर्भवती व धात्री महिलाओं में कुपोषण की समस्या समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया है इसी कड़ी में आज लाहौल स्पिति ज़िला की रानिका पंचायत में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशवेंद्र ने कहा कि सितम्बर माह को देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है